इसके जवाब में राज्य के पर्यटन मंत्री नाकाप नालों ने कहा कि राज्य के गृह विभाग में विचार विमर्श के बाद इससे संबंधित प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा

उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही को प्री तरह पेपर लेस बनाने के कारण उन जैसे सदस्यों को इससे तालमेल बिठाने में दिक्कते आ रही है और कई अन्य सदस्यों को भी ऐसी ही समस्याएं आ रही होंगी इसके जवाब में राज्य विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस्ट नेवर लेट टू लर्न

जिसके लिए इन पदों के रिक्र्टमेंट रुल बनाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है राज्य विधान सभा में आज प्रश्काल के दौरान जिलों में ग्र्प सी और ग्र्प डी के पदो पर भर्ती के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में म्ख्यमंत्री ने कहा कि ग्र्प सी और ग्र्प डी पदो के लिए परीक्षाएं जिला स्तर पर ही होती है लेकिन इनकी निगरानी एकपीएसएसबी दवारा की जाती है उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी और एपीएसबी में हए भ्रष्टाचार के कारण भर्तियों में थोड़ा विलंब हुआ है लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया को सामान्य बनाने की कोशिशे जारी हैं

आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य दवारा प्रछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पासीघाट में सैनिक स्कूल कार्तरत है जबकि तवांग में देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया है जिसपर तेजी से काम चल रहा है इसी तरह तिराप जिले में भी सैनिक स्कूल शुरु करने की प्रक्रिया जारी है

राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव दानी सालू ने बताया कि राज्य में आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए कम्यूनिटी वालांटियर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है

शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश मणिप्र मिजोरम नगालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू हो जाने के कारण राजस्व का अंतर नहीं है

सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजसव होने वाली एक लाख दस हजार करोड़ रुपये की अन्मानित कमी को प्रा करने के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में एक विशेष ऋण स्विधा श्रू की गई थी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से केंद्र सरकार इसके माध्यम से ऋण ले रही है

यह वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का छठा संस्करण होगा

वेबिनार में आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव द्र्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि सर्वेक्षण से शहरों और कस्बों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना श्रू हई है